केन्द्र सरकार ने जियो स्पैटियल संबंधी दिशा निर्देश जारी किए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की शुरूआत हुई राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग आज आधी रात से अनिवार्य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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हृए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में वादे को प्रा करेगी उन्होंने कहा कि कोरोना काल मे सरकार ने हर वर्ग को राहत देने का काम किया और स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया

उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए विपक्ष को भी प्रयास करने चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार ने कोऑपरेटिव और भूमि विकास बैंकों के कर्जे माफ किये हैं

इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचन्द कटारिया ने कानून व्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कई परीक्षाओं के पेपर आउट हुए जो युवाओं के साथ खिलवाड है

महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आज विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने पांच साल के लिए एक हजार करोड़ रूपये की इस निधि की घोषणा की थी

इसे अनुमोदन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के वित्त विभाग को भेजा गया है

खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने आज विधानसभा में बताया कि इसके लिए एक माह में दिशा निर्देश जारी कर दिये जायेंगे

आज दिशा निर्देश जारी करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने संवाददाताओं को बताया कि इनसे स्टार्ट अप और मैपिंग इनोवेटर को बढ़ावा मिलेगा इससे छोटे कारोबारी सशक्त होंगे उन्होंने कहा कि मानचित्र और सटीक जियो स्पैटियल आंकड़े नदियों को जोड़ने और औद्योगिक गलियारों के निर्माण जैसी राष्ट्रीय ढांचागत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि जियो स्पैटियल संबंधी दिशा निर्देश जारी होना आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा

सवाईमाधोपुर में कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज की शुरूआत मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तेजराम मीणा को और हनुमानगढ में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा को दूसरी डोज लगाकर शुरूआत की गई

भरतपूर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले चिकित्साकर्भियों सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई अजमेर में भी आज लगभग सवा पांच सौ फंटलाईन हैल्थ वर्कर्स को कोरोना की द्रसरी डोज दी गई तथा साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा कृषि विभाग के सवा तीन सौ फंट लाईन वर्कर्स को पहली डोज दी गई

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे बारां के श्रोता का संदेश

नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से दोगुना भुगतान करना पडेगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भूगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने प्रतीक्षा समय को घटाने ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है

आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री मुख्तार अब्बास नकवी को ये चादर सौंपी

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन महत्वपूर्ण पहलुओ पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है प्रोफेसर पवन सुधीर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि खिलौने और खेल बच्चों में सीखने की क्षमता को बढाने और समस्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं